इसमें राज्य स्तरीय जीएसटी आयुक्तों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों को शामिल किया गया है समिति कर राजस्व में कमी रोकने और वसूली बढ़ाने के उपाय सुझाएगी वित्त मंत्रालय ने समिति से कहा है कि वह बड़े सुधारों पर विचार करे ताकि व्यापक सुझावों की सूची पेश की जा सके समिति जीएसटी का द्रुपयोग रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन सहित व्यवस्थित बदलावों पर विचार करेगी और स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुधार लाने तथा कानून में अपेक्षित बदलावों के लिए नीतिगत उपाय सुझाएगी पिछले महीने में जीएसटी में कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है

नई दिल्ली में खेल मंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों का प्रशासन उच्चस्तरीय हो

उन्होंने निजी और उद्योग जगत का आह्वान किया कि वे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाऐं

मीडिया संस्थान चार अलग अलग वर्गो में आवेदन कर सकते हैं

कपर्यू में आज सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक के लिए ढील दी गई ॅ है

श्री मीना ने बताया कि खाजूवाला में घटिया मसाले से बनाई जा रही भुजियों के लिए एक भुजिया फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है

पुलिस ने नाईजिरियाई युवक और उसकी महिला साथी को नोएडा और दिल्ली से गिरफ्तार किया गिरोह के दोनो सदस्यों ने मिलकर सीकर की महिला के साथ ठगी की थी

उन्होंने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि सरकारी पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय और अधिकारी की ई मेल आईडी भी अंकित की जाये गौरतलब है कि कई कार्यालयों द्वारा प्राप्ति रसीद न दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है

उन्होंने रूस में विश्व चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की